जबकि सात सौ पन्द्रह लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं

जबकि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या साढ़े पांच सौ तक पहुँच गयी है

वहीं जबलपुर में किये जा रहे प्रयासों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सराहना की है ग्वालियर में एक लाख से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कराई गई है खण्डवा जिले की कलेक्टर और पूलिस अधीक्षक ने पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की और उनकी समस्याएं सुनी

आगरमालवा जिला प्रशासन ने जिले की राजस्थान से लगने वाली सीमा सील कर दी है वही गावों के कच्चे रास्तों को खोदकर और स्टॉपर लगाकर आवाजाही बंद कर दी गई है

सतना सांसद गणेश सिह बाहर से आकर सतना में लोग फसे हुए लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं सीधी जिला मुख्यालय से दस किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत करगिल के सरपंच श्रीकांत तिवारी ने आकाशवाणी को बताया कि लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है

अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है

यह दिवस गुड फ्राइडे को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाता है